राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज़ अता की गई इसके बाद समाज के लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने पूर्वजों की कब्रों पर दुआ की आज दिनभर कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा ईद के मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार हमें बलिदानी और संस्कारवान बनाने तथा मानवता की रक्षा करने की सीख देता है उन्होंने कहा कि सभी त्यौहार एकता शांति और सदभाव के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण का पर्व है यह पर्व सबको साथ लेकर चलने त्याग और बलिदान का पैगाम देता है यह समाज में सहानुभूति और भाईचारे का प्रतीक है सच्चाई और दया के मूल्यों को बढ़ावा देने का अवसर है डिण्डौरी के स्थानीय जामा मस्जिद में विशेष नमाज पढ़ी गई जिले में पर्व के मद्देनजर साफसफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं इन्दौर में मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर पढ़ी गई इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सहित जन प्रतिनिधि मौजूद रहे शाजापुर में मुस्लिम भाईयों ने ईदगाह जाकर नमाज अता की और शान्ति और भाईचारे की दुआ मांगी श्रद्वांजलि सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह अस्थि कलश लेकर अब से कुछ ही देर में राजघानी भोपाल पहुंच रहे हैं अस्थि कलश प्रदेश भाजपा कार्यालय में लाया जायेगा और यहां श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी इसके पूर्व आज दोपहर अस्थि कलश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कलश यात्रा निकाली जा रही है जो शहर के विभिन्न मागोँ से होती हुई शाम पांच बजे फूल बाग मैदान पहुंचेगी यहां श्रद्धांजलि सभा होगी अस्थि कलश कल प्रदेश की दस प्रमुख नदियों में विसर्जन के लिये रवाना होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पच्चीस अगस्त को एक अस्थि कलश नर्मदा नदी में विसर्जित करेंगे चम्बल नदी को जाने वाली अस्थि कलश यात्रा ग्वालियर से प्रारम्म होगी प्रदेश भाजपा ने जानकारी दी है कि दिवंगत अटल जी की अस्थियां नर्मदा क्षिप्रा ताप्ती चम्बल सोन बेतवा पार्वती सिंघ पेंच और केन नदियों में विसर्जित की जायेंगी अस्थि कलश यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जायेंगी मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है कल रात से हो रही वर्षा के चलते अधिकतर स्थानों पर जलभराव की रिथति बन गयी है सबसे अधिक असर राजधानी भोपाल और रायसेन में देखने को मिला रायसेन में सात घंटे में सात इंच वर्षा हुई जिसके चलते बाढ़ के हालत बन गये यहां दो लोगों के बहने की भी सूचना है रायसेन गैरतगंज मुख्य मार्ग बन्द हो गया है क्षेत्र भर में कल से हो रही लगातार बारिश की वजह से कऊला नदी उफ़ान पर होने की वजह से सागर भोपाल मुख्य मार्ग पर रोड के दोनों ओर जाम की रिथति बनी हुई है रायसेन का विदिशा से भी सड़क संपर्क टूट गया है बुरहानपुर में भी कल रात से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है यहां भारी वर्षा से ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

यहां रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है वहीं श्योपुर में कल तेज बरसात हुई

डिण्डौरी में बारिश का दौर जारी है इससे नदी नालों का जल स्तर बड़ गया है उधर मुरैना में नहर की एक पुलिया ढ़ह जाने से सात लोग घायल हो गये जिन्हें सबलगढ़ अस्पताल में दाखिल कराया गया है नीमच में भी कल रात से बारिश हो रही है

शहर के कुछ वार्डो में डेंगू से पीड़ित सतरह मरीजों की पहचान की गई है

महेश राज मैहर के रहने वाले थे और मैहर शारदा देवी धाम के प्रधान पुजारी देवी प्रसाद पाण्डे के छोटे भाई थे महेश राज ने अधिकतर फिल्मों में पुलिस आफिसर का किरदार निभाया है

वे तिरसठ वर्ष के थे पांच बार सांसद रहे कामत के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सहित सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया

दो दिवसीय यह समारोह संस्कृति विभाग के अन्तर्गत साहित्य अकादमी द्वारा कराया जा रहा है